देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने की दर बयालीस दशमलव चार पांच प्रतिशत हुई प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से एक सौ सड़सठ लोग स्वस्थ हुए

सक्रिय मामले दो हजार आठ सौ अट्ठारह आरोग्य सेतु ऐप से ग्यारह करोड़ चालीस लाख लोगों के जुड़ने से यह विश्व का सबसे बड़ा ऐप बना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों झांसी ललितपुर आगरा मथुरा शामली मुजफ्फरनगर बागपत इटावा कानपुर देहात आदि में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने समीक्षा कर सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों और कृषि विभाग के अधिकारियों को टिड्डी दल से बचाव के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा है प्रदेश सरकार ने किसानों की फसलों को टिड्डी कीट के हमले से बचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और टीमों का गठन किया है जिला मुख्यालयों पर इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं प्रदेश सरकार ने टिड्डी दल से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए किसानों को सलाह दी है कि टिड्डियों द्वारा हमले की रिथति में एक साथ इकट्ठा होकर ढोल नगाड़े टिन के डिब्बे थालियां बजाकर तेज शोर किया जाना चाहिए इस बीच झांसी जिले में लगातार तीसरी बार टिड्डी दल ने दस्तक दी है जिसके चलते जिले के किसानों की चिंता बढ़ गई है लखीमपुर खीरी और कानपुर नगर के जिला प्रशासन ने टिड्डी दल से किसानों की फसलों को बचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस माह के अंत तक प्रदेश के कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाकर एक लाख करने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ कल लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कोविड अस्पताल में बेड की संख्या एक सौ से कम न हो इस बीच मुख्यमंत्री श्री योगी ने कल लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपचार के लिए आए लोगों से बात की और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को भी अपने जनपदों में कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं श्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर रही है उन्होंने कहा कि क्वारंटीन केंद्रों में रूके सभी प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करते हुए उनका मोबाइल नंबर बैंक खाता संख्या और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज किया जाए जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिल सके केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पूर्णबंदी करने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि इससे महामारी के फैलाव की दर धीमी हुई है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार पूर्णबंदी लागू करने से अनेक लोगों की मृत्यु और संक्रमण को रोका जा सका है इसके साथ ही पूर्णबंदी के दौरान देश में कोविड नाइन्टीन से संबंधित विशेष बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है टीका अनुसंधान को बढ़ावा मिला है और आरोग्य सेतु के रूप में महामारी से पीड़ित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों पर नजर रखने वाली प्रणाली सुदृढ़ हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड नाइन्टीन महामारी की मृत्यु दर दो दशमलव आठ छह प्रतिशत है जबकि विश्व स्तर पर इसकी औसत दर छह दशमलव तीन छह प्रतिशत है केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे कोविड नाइन्टीन महामारी से लड़ाई में देश के संकल्प को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं श्री प्रसाद ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि श्री गांधी राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने पहले कहा था कि पूर्णबंदी कोविड नाइन्टीन का समाधान नहीं है लेकिन इसके विपरीत पंजाब और राजस्थान में लॉकडाउन लगाया गया

श्री प्रसाद ने कहा कि श्री गांधी ने एनडीए सरकार पर निराधार आरोप भी लगाया था कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों में मजद्रों से किराया वसूला जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार ने कई बार स्पष्ट किया है कि मजदूरों से किराया नहीं लिया जा रहा है श्री प्रसाद ने कहा कि श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि आईसीएमआर ने खरीद में गड़बड़ की इसलिए संस्थान को पहली बार स्पष्ट करना पड़ा कि उसने ऐसी कोई खरीद नहीं की है श्री गांधी ने राजनीतिक विरोध में ऐसे संगठनों पर झूठे आरोप लगाए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित चौंसठ हजार चार सौ छब्बीस लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर बयालीस दशमलव चार पांच प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन हजार नौ सौ पैंतीस लोग ठीक हुए इस दौरान छह हजार तीन सौ सत्तासी लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख इक्यावन हजार सात सौ सड़सठ हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में इस महामारी से एक सौ सत्तर लोगों की मौत हो गई कोविड नाइन्टीन से मरने वालों की कुल संख्या चार हजार तीन सौ सैंतीस तक पहुंच गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से एक सौ सड़सठ मरीज स्वस्थ हुए हैं राज्य में बीमारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या तीन हजार नौ सौ इक्यानबे हो गई है वहीं दो सौ उनहत्तर नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार आठ सौ अट्ठारह पहुंच गई है राज्य में अब तक कुल छः हजार नौ सौ इक्यानबे लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है कल पांच लोगों की मृत्यु हुयी जिससे बीमारी से अब तक मरने वालों की संख्या एक सौ बयासी हो गई है प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक उन्तीस मरीज हापुड़ में मिले अयोध्या में तेईस जौनपुर में सत्रह मुरादाबाद में चौदह लखनऊ मेरठ में तेरह तेरह गाजियाबाद मुजफ्फरनगर में ग्यारह ग्यारह और संभल में दस लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुयी कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने में आयुर्वेद की भूमिका विषय पर लखनऊ में आयोजित वेबिनार में बोलते हुए प्रदेश के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने कहा कि आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं वेबिनार का आयोजन राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और आरोग्य भारती द्वारा किया गया था राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर पी सी सक्सेना ने बताया कि वेबिनार में प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा विकसित आयुष कवच ऐप की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप कोरोना रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने वाला द्निया का सबसे बडा ऐप हो गया है उन्होंने कहा कि सिर्फ चालीस दिन में ग्यारह करोड़ चालीस लाख लोग इससे जुड़े हैं डॉक्टर हर्षक्धन ने बताया कि यह ऐप सरकार उद्योग और नागरिकों के बीच तालमेल का शानदार उदाहरण है सरकार ने दो अप्रैल को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जारी किया था यह ऐप बारह भाषाओं में उपलब्य है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पहली जुलाई से आयोजित होने वाली दसवीं और बारहवीं की लंबित परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत दी है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दूसरे राज्य या जिले में चले गए हैं वे वहीं से इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं उन्होंने कहा कि छात्रों को इन परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने पिछले परीक्षा केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है श्री पोखरियाल ने कहा कि छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में उपरिथित होने के लिए अपने जिले के पसंद के स्कूलों के बारे में सूचित करना होगा इसके बाद सीबीएसई स्कूलों के साथ समन्वय स्थापित करके छात्रों को नए परीक्षा केंद्र की जानकारी देगा सहारनपुर में भूख के कारण एक प्रवासी श्रमिक की कथित मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है राज्य सरकार से चार सप्ताह में नोटिस का जवाव देने को कहा गया है विभिन्न माध्यमों से फैलाई जा रही फेक न्यूज यानी भ्रामक समाचारों से सचेत करने के प्रयास में आकाशवाणी आपको सच्चाई से अवगत कराता है सोशल मीडिया और कुछ समाचार चैनलों पर प्रसारित एक वीडियो में एक बच्चे को उसकी मृत मां के साथ एक रेलवे स्टेशन पर दिखाया गया है भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया है कि महिला के परिवार ने तेईस मई को गुजरात के अहमदाबाद से बिहार के कटिहार तक की रेल यात्रा करने से पहले ही उसके बीमार होने की पुष्टि की थी रेलवे ने कहा है कि निधन के बाद उसके परिवार ने पच्चीस मई को उसके शव को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ दिया रेलवे ने लोगों से तथ्यहीन रिपोर्टो के आधार पर किसी भी अफवाह या फर्जी खबर को फैलाने और उसका समर्थन न करने को कहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोरोना महामारी के दौरान माता और बच्चों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कोरोना नियंत्रण क्षेत्र में कैल्शियम जीवन रक्षक घोल जिंक गर्भ निरोधक और आयरन की गोलियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी की व्यवस्था करें